नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इसके लिए दरें भी तय कर दी गई हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वाास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा पॉल ने कहा कि निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा

इन केन्द्रों में मधुमेय कैंसर हृदय रोग तथा अन्य रोगों के उपचार की व्यापक सुविधाएं होंगी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र के मैंझा में पेयजल योजना के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी

अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकर की अध्यक्षता में विभिन्न पार्टियों के सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्री का एक दल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने व विभिन्न मुददों पर बातचीत के लिए अमेरिका दौरे पर गया है

चक्का जाम पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से आज भारत बंद का आयोजन किया इस दौरान कांगेस कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर बढ़ती महंगाई पर रैलियां निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया हिमाचल प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला राजधानी शिमला के व्यापार मंडल ने बंद के समर्थन में दोपहर तक दुकाने बंद रखी पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह के नेतृत्व में शिमला में रोष रैली निकाली दूसरी ओर सीपीआईएम की शिमला शहरी इकाई ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम कर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया सीपीआईएम नेता व विधायक राकेश सिंघा और शहरी कमेटी सचिव बलवीर पराशर ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया हुड़ताल राज्य के निजी बस संचालक किराया बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है खासकर जहां निजी बसों पर यातायात व्यवस्था अधिक निर्भर है हालांकि परिवहन निगम द्वारा यातायात सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती दूसरी ओर चम्बा में निजी बस संचालकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और चम्बा सदर के विधायक पवन नैय्यर के आश्वासन के बाद आज होने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया इस दौरान जिले के सभी रूटों पर निजी बसें अपने निर्धारित समय पर चली हमारे चम्बा प्रतिनिधि के अनुसार एसोसिएशन को दस दिनों के भीतर उनकी मांगे हल करने का आश्वासन दिया गया है मशरूम मेला सोलन के खुम्ब अनुसंधान निदेशालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय मशरूम मेला आयोजित किया गया

उन्होंने युवा वर्ग से नौकरी के पीछे न भाग कर खुम्ब उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का आहवान किया इस दौरान किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें मशरूम की नवीनतम उत्पादन तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई

मेले में देश भर से करीब एक हजार खुम्ब उत्पादन करने वाले किसानों ने हिस्सा लिया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन खेलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल स्वस्थ जीवन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साधन है